अनलॉक के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता पर दिया जोर प्रदेश सरकार ने गो वध रोकने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गो वंश के विरूद्व अपराधों पर कड़ी सजा का किया गया प्रावधान प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि जारी

अब तक छः हजार छः सौ उनहत्तर लोग कोरोना संक्रमण से हो चुके हैं मुक्त

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए उपायों के बेहतर परिणाम सामने आए हैं उन्होंने कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोविड नाइन्टीन का संक्रमण नियंत्रण में है उन्होंने कहा कि अनलॉक के दौरान राज्य में कई गतिविधियां फिर से शुरू हुई हैं इसलिए अभी सावधान रहने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय छोटी सी लापरवाही खतरनाक हो सकती है श्री योगी कल लखनऊ में लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने इस सप्ताह चार मंडलों बस्ती गोरखपुर आजमगढ़ और वाराणसी के अपने दौरे का भी उल्लेख किया उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन के प्रकोप से निपटने के लिए प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर की गयी हैं समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को राहत पहुंचायी गयी है मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और सरकार के प्रति जनता का भरोसा और सुदृढ़ हुआ है श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए गए विशेष आर्थिक पैकेज का अधिकतम लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएं श्री योगी ने कृषि व संबंधित क्षेत्रों एमएसएमई इकाइयों तथा बड़े उद्योगों में रोजगार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं प्रदेश सरकार ने गो वध रोकने के लिए पैंसठ वर्ष पुराने गो वध अधिनियम में संशोधन करते हुए अध्यादेश को मंजूरी दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हयी मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश गो वध निवारण संशोधन अध्यादेश दो हजार बीस को स्वीकृति प्रदान की गई इन संशोधनों का उद्देश्य गोवंश की रक्षा और गो वध से सम्बंधित अपराधों को रोकना है मंत्रिपरिषद ने माना कि वर्ष उन्नीस सौ पचपन के अधिनियम में पूर्व में संशोधन किए जा चुके हैं लेकिन अभी भी कुछ कमियां थीं जिस कारण इसे सही ढंग से लागू नहीं किया जा सका था और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गो वध की घटनाए होती थीं गो वध के आरोपियों को जमानत मिल जाती थी और वे फिर से इन अपराधों में शामिल हो जाते थे नये नियमों के अनुसार अगर कोई भी गोवध करता हुआ पाया गया तो उसे अधिकतम दस साल की सजा और पांच लाख रुपये जुमनि का दंड लगाया जा सकेगा इस नये कानून में गाय को चोट पहुंचाने और उसे यातना देने को भी दंडनीय अपराध बनाया गया है अपराधियों की तस्वीरों को भी सरकार उनके ही इलाके में प्रमुख स्थानों पर लगवायेगी ताकि उन्हें अपने अपराध पर शर्म आये अगर कोई एक बार इस किस्म के अपराध में सजा पाने के बाद दोबारा कानून तोड़ता है तो उस पर दुगुना दंड लगाया जायेगा गौवंश के जीवन को संकट में डालने की नीयत से उसका परिवहन करना भी दंडनीय होगा अगर कोई गौवंश को मारने की नीयत से खाना और पानी नहीं देता है तो उसे कम से कम एक साल और अधिकतम सात साल तक की कठोर कारावास की सजा दी जा सकेगी

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर को कल से श्रद्वालुओं के लिए खोल दिया गया मंदिर में कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी एहतियाती उपाय किए गए हैं बिना मास्क के श्रद्वालुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं है मंदिर में एक समय में केवल पांच लोग ही उपस्थित रह सकते हैं उधर वाराणसी का प्रसिद्ध संकटमोचन मंदिर अभी नहीं खुला है मंदिर के महंत विश्वम्भर नाथ मिश्न ने बताया कि जल्द ही मंदिर खुलने की तिथि की घोषणा की जाएगी

रेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों की आवश्यकता का व्यौरा मांगा है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि राज्य सरकारों की मांग पर रेलवे तुरंत आवश्यक संख्या में श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां उपलब्ध कराएगा रेलवे ने यह भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में किसी भी आवश्यकता के लिए अतिरिक्त श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां उपलब्ध करायी जाएंगी पहली मई से लगभग साठ लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य राज्यों तक पहँचाने के लिए रेलवे ने चार हजार तीन सौ सैंतालीस श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां संचालित की हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन सौ पच्चीस लोग स्वस्थ हुए हैं राज्य में अब तक छः हजार छः सौ उनहत्तर लोग बीमारी से ठीक होकर घर जा चुके हैं प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन सौ नवासी नए मामले भी सामने आए जिसके बाद क्ल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या ग्यारह हजार तीन सौ पैंतीस हो गई है अट्ठारह लोगों की मृत्यु के साथ ही महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या तीन सौ एक हो गई है प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार तीन सौ पैंसठ है स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से जारी कल शाम तीन बजे तक के आंकड़ों के अनुसार गाजियाबाद जिले में सबसे अधिक इकतालीस नए मरीज मिले हैं गौतमबुद्ध नगर जिले में अट्ठाईस रामपुर में सत्रह जौनपुर में सोलह कानपुर नगर में पन्द्रह आगरा में तेरह मेरठ अमेठी में बारह बारह और झांसी तथा सोनभद्र में दस दस लोगों में संक्रमण की प्रष्टि हुयी है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञ की राय श्रंखला में कोविड नाइन्टीन पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा कि कोविड नाइन्टीन के संक्रमण का प्रसार एक ऐसे व्यक्ति से होता है जिसने यात्रा की हो और साथ ही वह संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आया हो

केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण वाले पन्द्रह राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के उच्च स्तरीय दल तैनात किए हैं ये दल देश में कोविड नाइन्टीन महामारी पर नियंत्रण के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगे यह केन्द्रीय दल उत्तर प्रदेश में भी तैनात किया गया है प्रत्येक दल में तीन सदस्य हैं जिनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ महामारी विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ संयुक्त सचिव स्तर का नोडल अधिकारी शामिल हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत वित्त वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है इस कार्यक्रम के तहत पहली बार इतनी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है इसमें से इकत्तीस हजार चार सौ तिरानबे करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है जो कि वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में इस मद के लिए अनुमान के पचास प्रतिशत से अधिक है अब तक कुल साठ करोड़ अस्सी लाख दिवस का रोजगार सृजित किया गया है और छ करोड़ उनहत्तर लाख कामगारों को काम दिया गया है इस वर्ष मई में जिन लोगों को काम दिया गया था उनकी औसत संख्या दो करोड़ इक्यावन लाख प्रतिदिन है यह पिछले साल मई में दिए गए काम से तिहत्तर प्रतिशत अधिक है केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि मनरेगा का बजट बढ़ाया गया है

अब मनरेगा का जो कुल बजट है एक लाख एक हजार पांच सौ करोड़ रुपया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अन्तर्गत बस्ती जनपद चौदह लाख तिरानबे हजार बासठ जॉबकार्ड धारकों को काम उपलब्ध कराकर प्रदेश में पहले स्थान पर आया है जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि वर्तमान में पांच हजार दस कार्य जनपद में चल रहे हैं उन्होंने बताया कि एक हजार दो सौ पैंतीस ग्राम पंचायतों में से एक हजार दो सौ पन्द्रह ग्राम पंचायतों में चौदह लाख तिरानबे हजार बासठ जॉबकार्ड धारकों को कार्य उपलब्ध कराकर इस मद में सत्ताईस करोड़ बीस लाख रूपये का भुगतान किया गया उन्होंने बताया कि बीस हजार एक सौ इक्यावन प्रवासी कामगारों को भी कार्य उपलब्ध कराया गया